जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज यमुनानगर जिले में नागरिकता संशोधन कानून संबंधी जन जागरण अभियान का नेतृत्व किया

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकृंद नरवाणे ने कहा है कि सशस्त्र बल देष के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैँ और प्रस्तावना में निर्हित बुनियादी नैतिक मूल्यों न्याय समानता और बंधुत्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं

उन्होंने कहा कि उनका ध्यान निष्ठा विश्वास और समेकन पर है सेना प्रमुख ने कहा कि सेना भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेती है जो हर समय हर कार्रवाई में उनका मार्गदर्शन करती है उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एकीकरण और साजो सामान की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा सेना प्रमुख ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ का पद कायम करना और सैनिक मामलों बारे विभाग की स्थापना एकीकरण की दिशा में बड़े कदम हैं

जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है आज नई दिल्ली में हई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव के सी बांगड़ ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला है और चुनाव दुष्यंत चौटाला के नाम पर लड़ा जायेगा उन्होंनेबताया कि पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया है और इस चुनाव में गरीबी को भी मुददा बनाया जायेगा पार्टी के प्रधान महासचिव ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भी समिति गठित कर दी गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उम्मीदवारों का नाम तय किया जायेगा

अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोबारा बैठक बुलाकर चर्चा की जायेगी

गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पत्रकारो से बातचीत करते हए बताया कि अपराधों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं वह स्वयं हर महीने इस संबंध में बैठक कर नजर रख रहे हैं इसी कड़ी के तहत प्रदेश में हरियाणा मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो गठित करने के आदेश दिये गए हैं उन्होंने यह भी बताया कि लोगों द्वारा रखी शिकायतों का समाधान करने के लिए वह लगे हुए हैं तथा उनका पूरा प्रयास है कि लोगों को इंसाफ मिले केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज यमुनानगर के रादौर मार्ग क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला उनके साथ विधायक घनश्याम अरोडा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी थे इस अवसर पर राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इससे देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि कानून को जनता से अपरा समर्थन मिल रहा है बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं वे आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं

उनसे कहा गया है कि जेलों में मोबाइल मिलने की घटना होने पर पहले जेल अधीक्षक या उप अधीक्षक को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसी के साथ जेलों में टेलीफोन इस्तेमाल की कॉल डिटेल जानकारी मांगी गई है

इससे इस तरह के कृत्यों में जुटे अन्य प्रदेश भर के कर्मचारियों को भी सबक मिलेगा किसानों की ट्यूबल बिजली बिल सर चार्ज मार्को योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं

कल चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिली व पुरूष खिलाड़ी दोनो वर्ग शामिल हैं जिनमें से विजेता खिलाड़ी कोयम बटूर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कल यमुनानगर में होने वाली रन फार यूथ फार नेशन मैराथन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं यह जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि इस आयोजन में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे

पलवल के गांव अमरोली निवासी सेना के जवान हवलदार जयपाल का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सनमान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर पलवल के विधायक दीपक मांगला ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुश्प चर्क अर्पित कर श्रद्वांजलि दी सैनिक के परिवार के साथ सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार को हर प्रकार की आर्थिक मदद दी जाएगी उन्होंने सैनिक के नाम पर गांव में पार्क या स्टेडियम बनवाने की बात भी कही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के युवाओं ने कालका में पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की प्रदेश अध्यक्षा सुधा भारद्वाज ने कहा कि शास्त्री जी सच्चाई कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी की जीवांत उदारहरण रहे हैं